एक बयान में उन्होंने कहा कि हार को निश्चित मानकर प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है और न ही राष्ट्रीय विकास के लिए दूरदृष्टि भाजपा नेता ने कहा है कि पांच वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर से लेकर हिमाचल तक मचे घमासान से भाजपा की जीत और आसान हो गई है सत्ती बयान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के कांग्रेसी नेता परेशान हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय अपराधियों को सत्ताधारियों का संरक्षण मिल रहा था जो अब खत्म हो चुका है सत्ती ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर मुख्यमंत्री के प्रति बेबूनियाद बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने भी मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की जा रही बयानबाजी का खंडन किया है

चुनाव प्रचार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी इस बीच कुलदीप राठौर ने आज शिमला में प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया पैन लिस्ट की कार्यशाला को भी संबोधित किया

उन्होंने कहा कि इंटक मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में प्रचार करेगी सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने कहा है कि सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके को जनजातीय दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी वे आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने लोगों की लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आश्वासन भी दिया धनीराम शांडिल शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने सोलन में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में शांडिल ने बताया कि प्रदेश में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और पूर्व कांग्रेस सरकार के समय किए गए कार्यों का श्रेय ले रही है शांडिल ने बताया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में किसानों के लिए फूड प्रोसैसिंग यूनिट लगाई जाएगी और विकास कार्यों को तेज किया जाएगा मतदाता सुविधा आगामी लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों में विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी ऊना जिला में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक विकास लाबरू ने आज ऊना में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों से दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को कहा ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे

उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए सभी को मतदान करना चाहिए निर्वाचन आयोग मनरेगा भारत निर्वाचन आयोग ने आज से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरें अलग अलग हैं और इस वजह से मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी भी अलग अलग होगी यह वृद्धि मौजूदा मजदूरी से पांच प्रतिशत तक अधिक हो सकती है